सभी प्रखंड मुख्यालयों में बाहर से आने वाले लोगों के लिए बनाये जा रहे हैं बड़े क्वारेंटाइन सेन्टर

अब तक चौरासी लोग स्वस्थ हुये लॉकडाउन का दूसरा चरण समाप्त होने में दो दिन शेष

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के दिशानिर्देशों में नई छूट के बाद बिहार सहित विभिन्न राज्य के मजदूरों विद्यार्थियों श्रद्धालुओं और पर्यटकों सहित फंसे हुए लोगों का आवागमन सुगम बनाने की तैयारी कर रहे हैं बिहार में इसके लिए झारखंड और कुछ अन्य राज्यों ने फंसे हुए लोगों का रजिस्टर तैयार करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं बिहार में प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा के अधिकारियों सहित बीस नोडल अधिकारी तैनात किये गये हैं प्रवासी लोगों के आवागमन के दौरान अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया यानीएसओपी भी तैयार की जा रही है ब्योरे के साथ हमारे संवाददाता बाइट राज्य सरकारें लॉकडाउन में फंसे लोगों को ले जाने वाली यात्री बसों के सुचारू परिचालन के लिए समन्वय कर रही हैं सुरक्षा और सोशल डिस्टॅसिंग के मानदंडों के अनुरूप यात्रा सुनिश्चित करने के लिए बसों में बैठने की व्यवस्था भी अनुकूलित की जा रही है यात्रियों को परिचालन हेतु अपने राज्य के नोडल अधिकारी के यहां पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा यात्रा के प्रारंम और अंत में हर व्यक्ति की उचित जांच की व्यवस्था भी आवश्यक है यात्रा के बाद सभी को घर में ही क्वारंटीन में रहने के लिए भी आदेश दिए जा चुके हैं सरकार ने लोगों से आरोज़य सेतु मोबाइल एप डाउनलोड करने के लिए कहा है ताकि तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से उनकी सुरक्षा का अच्छी तरह से ध्यान रखा जा सके

एक अनुमान के अनुसार कोविड उन्नीस महामारी को लेकर लागू लॉकडाउन में अठाईस लाख से अधिक बिहार के निवासी प्रवासी मजदूर और छात्र दिल्ली पंजाब महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल गुजरात और उत्तर प्रदेश पूर्वोत्तर के राज्यों तथा अन्य प्रदेशों में फंसे हए हैं केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना सुरक्षा रोकथाम व्यापक नियमों और शर्तों का पालन करते हुए बसों के माध्यम से ही ऐसे लोगों की घर वापसी की अनुमति होगी हालांकि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रवासी लोगों के बिहार में वापसी के लिए विशेष ट्रेन चलाने का अनुरोध किया है इधर बड़ी संख्या में प्रवासी लोगों के आगमन के मददेनजर सभी जिलों के प्रखंड मुख्यालयों में बड़े क्वराइंटिन सेंटर बनाये जा रहे हैं दरभंगा और शेखपुरा जिले से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि स्कूलों और सरकारी इमारतों में साफ सफाई कराई जा रही है जिन प्रवासी लोगों को रखा जायेगा उनके लिए संगरोध केंद्रों की मानक प्रक्रिया के अनुरुप आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी इनमें आवश्यक स्वास्थ्य जांच की सुविधा रहेगी राज्य में कोविड उन्नीस महामारी की वर्तमान स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सभी विभागों के प्रमुखों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन में कृषि कार्य को पाबंदियों से मृक्त रखने और अधिप्राप्ति अवधि का विस्तार करने के कारण राज्य में तीन लाख पन्द्रह हजार लाख मीट्रिक टन अधिक धान की खरीद हुई है उन्होंने कहा कि अब तक तीन हजार छह सौ इक्कीस चयनित समितियों के जरिए चौदह सौ मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है इसमें सबसे अधिक कैमूर जिले से दो लाख अठारह हजार ट्रिक टन की गई है श्री मोदी ने बताया कि चयनित साढ़े तीन हजार से अधिक समितियों के जरिए बीस अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है उपमुख्यमंत्री ने किसानों से बिचौलियों से बेचने की बजाए अपना गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्नीस सौ पच्चीस रुपये प्रति क्विंटल की दर से पैक्स को देने की अपील की है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के बाईस नये मामले सामने आने के साथ ही पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर चार सौ पच्चीस हो गयी है जो मामले सामने आये हैं उनमें से ग्यारह रोहतास से पांच सीतामढ़ी से मुंगेर से तीन तथा पटना और सारण से दो दो हैं मुंगेर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिले के प्रभावित ये तीनों लोग सदर बाजार क्षेत्र के वलीपुर मुहल्ले के एक वृद्ध के संपर्क से बनी संक्रमण की श्रंखला का शिकार हुए हैं यह वृद्ध दिल्ली में तबलीगी जमात के धार्मिक सम्मेलन में शामिल होकर नालंदा और शेखपुरा के रास्ते जमालपुर पहुंचा था इस व्रद्ध से बनी संक्रमण चेन की चपेट में अबतक छियासी लोग आ चुके हैं गुरूवार को प्रदेश में कोविड उन्नीस से संक्रमित बीस लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी राज्य में अब तक चौरासी मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं जबकि दो लोगों की मौत हुई है इधर देश में अब तक कोविड उन्नीस के पैंतीस हजार तैंतालीस मामले सामने आये हैं इनमें से आठ हजार आठ सौ नवासी लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है जबकि एक हजार एक सौ सैंतालीस लोगों की मौत हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल देश में कोरोना रोगियों के दोगुना होने की दर ग्यारह दिन हो गई है

और कई स्टेट्स उस सम्बन्ध में अच्छा परफार्म कर रही हैं

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड उन्नीस से निपटने के नए दिशा निर्देश चार मई से लागू होंगे इनमें कुछ जिलों में कई तरह की छूट दी जाएंगी गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नेकहा कि इस बारे में ब्यौरा अगले कुछ दिनों में जारी किया जाएगा लॉकडाउन के कारण अब तक स्थिति में काफी सुधार हुआ है प्रवक्ता ने बताया किइन सुधारों का फायदा सुनिश्चित करने के लिए पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों का तीन मई तक सख्ती से पालन किया जाना चाहिए केन्द्र सरकार ने राज्यों से ट्रक और अन्य माल वाहक वाहनों का मुक्त आवागमन सुनिश्चित करने को कहा है केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहाहै कि स्थानीय अधिकारियों को देशभर में राज्यों की सीमाएं पार करने के लिए अलग प्रवेशपत्र नहीं मांगना चाहिए उन्होंने पहले जारी किये गये आदेशों का उल्लेख करते हुएदोहराया कि ट्रक के आवागमन के लिए अलग प्रवेश पत्र की आवश्यकता नहीं है उन्होंनेकहा कि देश में लॉकडाउन के दौरान आवश्कयक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रंखलाबनाये रखना जरूरी है गृह सचिव ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशोंसे कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिला अधिकारी और अन्य एजेंसी इस संबंधमें प्री तरह से अवगत हों उन्होंने पत्र में ऐसी खबरों का भी उल्लेख किया कि ट्रकके मुक्त आवागमन के लिए अलग प्रवेश पत्रों की मांग की जा रही है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा है कि आज से शुरू हो रहे व्यापक स्वास्थ्य जांच का काम पांच मई तक पूरा कर लिया जायेगा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है उन्होंने बताया कि सर्वे दल चिन्हित किये गये संदिग्ध व्यक्तियों के नमूने भी एकत्र करेंगे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

नई दिल्ली के सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर अमरचंद बजाजने नोवेल कोरोना वायरस को मात देने के लिए परस्पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया

कोशिशकरें कम से कम बाहर निकलना है जहां आप दो लोग खड़े हैं जितना मैक्सिमम फासला बीचमें हो सके कोशिश करें दो मीटर दूर खड़े रहें नहीं तो कम से कम एक मीटर दूर खड़ेरहें कोरोना महामारी को देखते हये राज्य सरकार ने सभी चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ संविदाकर्मी सहित सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुटि्टयां अब इकतीस मई तक रद्द कर दी है स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव अनिल कुमार ने बताया कि इससे पूर्व तीस अप्रैल तक छुट्टियां रद्द की गयी थी इधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुये पुलिस मुख्यालय ने पचपन वर्ष से अधिक उम्र वाले पुलिसकर्मियों की फील्ड ड्यूटी नहीं लगाने का निर्णया लिया है कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बक्सर की उत्तर प्रदेश से लगी सीमा को पूर्णतः सील कर दिया गया है बक्सर जिलाधिकारी अमन समीर ने बताया कि दियारा क्षेत्रों में भी गंगा नदी से लगे थाना क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है इधर पटना के ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यालय को कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर सील कर दिया गया है ग्रामीण कार्य विभाग के एक ठेकेदार में कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद यह ककदम उठाया गया है वहीं पटना के आईजीआईएमएस में डॉक्टर और नर्स के संक्रमित मिलने के बाद ओपीडी और ई ओपीडी की सुविधा अगले आदेश तक के लिए बंद कर दी गयी है साथ ही आईजीआईएमएस के परिसर में बाहरी लोगों के आगमन पर रोक लगा दी गयी है भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तीन मई से कोरोना वायरस जांच शुरू हो जाएगी राज्य के स्वास्थ्य प्रधान सचिव संजय कुमार ने अस्पताल अधीक्षक को यह जानकारी दी है पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र के सिसहनी गांव में लॉकडाउन का अनुपालन कराने गयी पुलिस गश्ती दल पर किए गए जानलेवा हमले करने के मामले में उनतीस लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने बताया कि चौंतीस लोगों को नामजद और एक सौ सोलह अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया गया है दरभंगा जिला पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ कर सरगना समेत पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधियों के पास से चोरी की पांच मोटरसाइकिल बरामद की गयी है नवादा जिले के वारिसलीगंज प्रखंड के चौनपुरा गांव के एक खेत की खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की दुर्लभ प्रतिमा मिली है ग्रामीणों ने मूर्ति को ठाकुरबाड़ी में स्थापित कर दिया है स्थानीय लोगों का कहना है कि खुदाई में प्राप्त प्रतिमा गुप्तकालीन काल की है बिहार और झारखंड की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना उत्तर कोयल नहर से इस बार भी खरीफ के मौसम में किसानों को पानी मिलता रहेगा नहर की मरम्मत का कार्य इस प्रकार प्लान किया गया है कि सिंचाई के लिए निर्बाध रूप से जल उपलब्ध कराया जा सके औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह ने बताया कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के उपक्रम वाप्कोस लिमिटेड ने इसकी पुष्टि की है आज अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रमिकों को अपनी शुभकामनाएं दी है राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि राष्ट्र के निर्माण और विकास में श्रमिकों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रही है मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि श्रमिकों की मेहनत और ताकत का ही परिणाम है कि हर क्षेत्र में चहुंमुखी विकास का सपना साकार हो रहा है पटना विश्वविद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गयी है इंटर में सफलता प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं स्नातक और स्नातकोत्तर दाखिला ले सकते हैं इसके अलावा वोकेशनल कोर्स में भी आवदेन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है इसके लिए छात्रों को विश्वविद्यालय के पोर्टल पर राजिस्ट्रेशन कराना होगा इधर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कई परीक्षाओं के ऑनलाइन आवेदन जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी यह फैसला कोविड उन्नीस महामारी के मद्देनजर किया गया है दूरदर्शन राष्ट्रीय पर प्रसारित रामायण धारावाहिक ने सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बनाया है प्रसार भारती ने एक ट्वीट में कहा है कि इस महीने की सोलह तारीख को एक ही दिन में इस कार्यक्रम को सात करोड़ सत्तर लाख लोगों ने देखा है प्रदेश में जानकी नवमी पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से मनायी जा रही है माना जाता है कि देवी सीता का इसी दिन अवतरण हुआ था मिथिला क्षेत्र खासकर दरभंगा सीतामढी मधुबनी और आस पास के जिलों में इस पर्व का विशेष महत्व है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले प्रवासियों की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है बाहर फंसे बिहारियों को लाने के लिए उन्नीस नोडल अधिकारी तैनात दैनिक भास्कर की सुर्खी है अठाईस लाख बिहारियों को बसों से नहीं ला सकते ट्रेन चलाएं बीमा सुविधा के संबंध में इरडा के हवाले से दैनिक जागरण की खबर है कि ग्राहकों हेल्थ इंश्योरेंस में मिलेगी मासिल सुविधा प्रभात खबर माल ढुलाई में लगे ट्रकों की आवाजाही के समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखता है गृह मंत्रालय का निर्देश सीमाओं पर ट्रक नहीं रोके राज्य माल ढ़ोने वाले ट्रकों को पास जरूरी नहीं

सभी प्रखंड मुख्यालयों में बाहर से आने वाले लोगों के लिए बनाये जा रहे हैं बड़े क्वारेंटाइन सेन्टर

अब तक चौरासी लोग स्वस्थ हुये लॉकडाउन का दूसरा चरण समाप्त होने में दो दिन शेष